चम्बा की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से शुरू प्रदेशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया गुणवत्ता जांच राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता संबंधी शिकायतें सुनने के लिए एक उच्चस्तरीय टीम का गठन किया है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये टीम शिकायतें सुनने के अलावा विकासात्मक परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेगी

क्षेत्र की पैहड़ पंचायत के अनेक गांवों में आज जन सुनवाई के दौरान सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है ताकि लोगों को आवाजाही की बेहतर सूविधा मिल सके महेन्द्र सिंह ने स्थानीय लोगों से अधिक से अधिक संख्या में फलदार पौधे उगाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने का आग्रह भी किया परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने लोगों से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लेने का आहवान किया है कांगड़ा ज़िले में सुलह क्षेत्र के केदारा में आज जन शिकायतें सुनने के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को किफायती प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने पर विशेष ध्यान दिया है परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने जन सरोकार को प्राथमिकता देते हुए जनमंच के रूप में नई पहल की है और लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं काव्यांजलि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरदर्शी नेता थे और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा शिमला में आज श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कविता पाठ सत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग श्री वाजपेयी की दयालुता और विशेष लगाव को भुला नहीं पाएंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि श्री वाजपेयी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जीवित रहेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि दी और कहा कि उन्होंने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया बल्कि समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए सांसद राम स्वरूप शर्मा के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे विसर्जन इस बीच स्वर्गीय श्री वाजपेयी का स्मृति शेष कलश आज शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय से लाहौल स्पीति ले जाया गया

केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे पीएचसी राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में जीर्णोद्वार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि मविष्य में इस स्वास्थ्य केन्द्र को और अधिक सुविधा सम्पन्न बनाने की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी जाएगी

सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि राज्य सरकार आम आदमी के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है

अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत अब ईसी जी और ब्रैस्ट कैंसर की मुफ्त जांच सुविधा भी दी जाएगी

उन्होंने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया इस बीच उन्होंने हमीरपुर के कांगू में पंजाब नैशन बैंक के एटीएम का भी शुभारम्भ किया मणिमहेश चम्बा ज़िले की विश्वप्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पवित्र डल झील में छोटे स्नान के साथ आज से शुरू हो गई है

मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां की हैं और लंगर व आवास सुविधा के अलावा जगह जगह चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं भरमौर के अतिरिक्त दण्डाधिकारी पीपी सिंह के अनुसार मणिमहेश यात्रा को देखते हुए सभी रास्ते दुरूस्त किए गए हैं और सुरक्षा व बचाव चौकियां स्थापित की गई हैं

राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने देश की रक्षा और आपदा की स्थिति में सैनिकों के योगदान को सराहनीय बताया है किन्नौर के क्वारी में भारत चीन सीमा पर सैनिकों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ में सैनिकों ने लाखों की संख्या में लोगों की जान बचाई है राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्वस्तर पर सड़कों का निर्माण करवाया है जिससे सैनिकों को रसद सामग्री ले जाने में सुविधा हो रही है महिला आयोग राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आहवान किया है कांगड़ा ज़िला के ठाकुरद्वारा में आज एक जागरूकता शिविर में उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का खुलकर विरोध करना चाहिए उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष अधिकतर मामले घरेलू हिंसा के आते हैं जिन्हें गम्भीरता से सुनकर घरों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओ से एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है ऊना ज़िले के टाहलीवाल में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने पार्टी को इस बार विपक्ष में बैठने का मौका दिया है और ये भूमिका बेहतर ढंग से निभाई जाएगी इससे पहले विपक्ष के नेता बनने के बाद पहली बार हरोली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अग्निहोत्री का स्वागत किया जन्माष्टमी देश सहित प्रदेश में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया इस मौके पर मंदिरों में सुबह से ही माहौल भक्तिमय बना रहा प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों विशेषकर श्रीकृष्ण मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा जन्माष्टमी पर्व के मौके पर विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं भी निकाली गईं चम्बा में शोभा यात्रा के दौरान झांकियां विशेष आकर्षण का केन्द्र रहीं उधर सिरमौर ज़िले के हरिपुर धार स्थित शक्तिपीठ भंगायणी माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने शीष नवाया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कालाअंब में जन्माष्टमी समारोह में भाग लिया उन्होंने लोगों को इस पर्व की बधाई दी और कहा कि भगवान कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश सद्मार्ग और सद्भावना का ज्ञान देते हैं हरियाणा के श्रम व रोज़गार राज्य मंत्री नायब सैनी मी इस दौरान मौजूद रहे

समापन अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा व खेल सुविघाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि कुटलैहड़ को आदर्श विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है उघर हमीरपुर और सुजानपुर जोन की वॉलीबॉल प्रतियोगिता जिले के मटाहणी में संपन्न हुई विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने विजेताओं को सम्मानित किया विधिक साक्षरता सोलन ज़िले में धर्मपुर की चामियां पंचायत में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी याजुवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया उन्होंने कहा कि आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि इसके तहत सालाना एक लाख रूपए से कम की आय वाले व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का क्रम आज रूक रूक कर जारी रहा जबकि दोपहर बाद से अधिकतर भागों में बादल छाए हुए हैं भारी वर्षा के चलते कांगड़ा ज़िले में त्रिलोकपुर के समीप भूस्खलन के चलते पठानकोट मण्डी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है हमारे प्रतिनिधि के अनुसार मार्ग अवरूद्व होने से सोलहदा से त्रिलोकपुर के लिए वाहन भेजने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है

मृतकों की पहचान क्षेत्र के कोटी गांव के बलवीर सिंह आशियाड़ी निवासी अनिल और कमलेश के रूप में हुई है